राज्यपाल कलराज मिश्र आज प्रदेश के जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सहकारिता विभाग ने प्रदेश की सात कोडिट कोऑपरेटिव सोसायटियों के पंजीयन निरस्त किये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक सप्ताह की अमेरीका यात्रा पर रवाना हो गये है अपनी यात्रा से पहले जारी वक्तव्य में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ऐसी कई चुनौतियां हैं जिनका सामना सभी देशों को मिलकर करना होगा श्री मोदी ने कहा कि भारत अमरीका ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ह्यूस्टान में बड़ी ऊर्जा कंपनियों के प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे श्री मोदी ने कहा कि ह्यूस्टन में आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण घटना होंगी भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में अमरीकी राष्ट्रपति के भाग लेने की यह पहली घटना होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान वे संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में आयुष्मान भारत समेत देश की कई पहल का उल्लेख करेंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि वे ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क में अमरीकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश मिलकर एक शांतिपूर्ण स्थिर और सतत विकासशील विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के जरिए स्वच्छता क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ और उपायों की घोषणा की है वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि स्वदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कमी की गई है

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर पर दो प्रतिशत व्यय का दायरा बढ़ाने का भी फैसला किया है अब इस राशि को विज्ञान प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले संगठनों पर भी खर्च किया जा सकेगा लेकिन इसमें शर्त यह होगी कि इन संगठनों को सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों विभिन्न शिक्षण संस्थानों या स्वशासी संगठनों से अनुदान मिलता हो अनुमान है कि कॉरपोरेट कर में कटौती और अन्य राहत उपायों के चलते सरकार के राजस्व में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये की कमी आएगी प्रधानमंत्री ने निगमित करों में कटौती के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माताओं से कहा है कि उन्हें सरकार द्वारा घोषित कर प्रोत्साहन का पूरा लाभ उठाना चाहिए

राज्यपाल कलराज मिश्र आज प्रदेश के जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे वे बूंदी झालावाड बांरा और कोटा जिले के प्रभावित क्षेत्रों में हालात का जायजा लेंगे इस बीच कल आपदा राहत सचिव आशुतोष पेडनेकर कोटा पहुचें वहां उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक की

मुख्यमंत्री ने बताया कि भांखडा नागल प्रबंध बोर्ड में राजस्थान को सदस्य बनाने समेत कई अन्य मुददो पर चर्चा की गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने भी भाग लिया

कार्यक्रम की यह सत्तावन वीं कड़ी होगी एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने माई जीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर अपने विचार भेजने को कहा है

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि देश में जल्द ही नई शिक्षा नीति लागू की जायेगी

दीक्षांत समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का सभी राज्यों ने स्वागत किया है सहकारिता विभाग ने प्रदेश की सात केडिट कोऑपरेटिव सोसायटियों के पंजीयन निरस्त कर दिये है सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कल जयपुर में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि जल्द ही केडिट कोऑपरेटिव सोसायटियों के पीडितों के लिये हैल्पलाईन की सुविधा शुरू की जायेगी उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है ये सोसायटियां अपना निवेश केवल अपेक्स बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक में ही करें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि प्रदेश में राजनीतिक नियुक्ति के लिये एक निश्चित प्रकिया अपनायी जायेगी और संगठन के सभी पदाधिकारियों से सलाह की जायेगी